कार्यसूची के मुताबिक इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

इस बीच विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी इसमें सरकार द्वारा प्रदेश में स्कूल खोलने और नई शिक्षा नीति को लागू करने सहित कई अहम मुददों पर भी चर्चा हो सकती है

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए पौधरोपण को बेहद आवश्यक बताया है ये बात कल उन्होंने कसुम्पटी मण्डल के तहत कोटी पंचायत में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर कही सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील भी की क्षय रोग मंडी जिला को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए पंचायत स्तर पर टीबी फोरम गठित की जाएंगी अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने कल मंडी में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा इस अभियान को तीव्र गति देने के लिए आयुर्वेद विभाग आशा कार्यकर्ताओं के साथ आंगनबाड़ी पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के मॉनसून सत्र और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है निवेशकों को लुभाने के तीन संशोधन विधेयक पारित मजदूर विरोधी बताकर विपक्ष का हंगामा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं विपक्ष का दो बार वाकआउट आपका फैसला की सुर्खी है विधानसभा में हंगामा विपक्ष की कुल्लु एसपी को हटाने की मांग

हिमाचल दस्तक ने लिखा है आर्थिक सुधार की राह पर हिमाचल

दिव्य हिमाचल ने पीजीआई में हिमाचली मरीजों की एंटरी बंद शीर्षक से लिखा है कोरोना वायरस से पीड़ितों के बाद अब प्रदेश के दूसरे मरीजों को भी उपचार देने से खड़े किए हाथ

पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है हाईकोर्ट ने रदद की हैं एसएमसी की नियुक्तियां

दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है पठानकोट मंडी फोरलेन हर हाल में बनेगा बार्डर में आवाजाही पर और छूट दे सकती है सरकार शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज